मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज फेसबुक और ट्वीटर के जरिए मतदाताओं से हुए रूबरू राज्य शासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन बारह और बीस नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

निर्वाचन प्रेसवार्ता छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल दिया गया है

इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग ढाई हजार सेक्टर मजिस्ट्रेट तीन सौ अट्ठारह उड़नदस्ते और तीन सौ चौहत्तर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव के मद्देनजर विभिन्न विभागों के जिला प्रमुखों या समकक्ष अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुशंसा के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से व्यापारी वर्ग को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से कहा गया है कि वे अपने साथ अपना पहचान पत्र लेकर चलें यदि कोई व्यापारी बैंक से राशि निकालने या जमा करने जा रहा है तो उसकी जमा या आहरण पर्ची साथ में रखें इसके अलावा साथ ही रखी गई राशि या सामग्री का विस्तृत विवरण भी अपने पास रखें ताकि उड़नदस्ता टीम से कोई परेशानी न हो

इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के बीच बेहतर पहुंच बनाने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस मौके पर श्री साहू ने विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों और प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल हो रहे सी विजिल ऐप की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया विंग द्वारा किए जाने वाले इस फेसबुक और ट्वीटर लाइव में प्रदेशभर के मतदाताओं ने भाग लिया गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पर अलग से छत्तीसगढ़ वोट्स नामक एक प्रतियोगिता भी शुरू की गई है जिसमें पांच सौ से पचास हजार रूपए तक की पुरस्कार राशि का भी प्रावधान किया गया है मतदान अवकाश प्रदेश में दो चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बारह और बीस नवंबर को वोट डाले जाएंगे राज्य शासन ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार बारह नवम्बर को प्रदेश के अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में और बीस नवम्बर को बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा निर्वाचन लिपिक कार्यभार राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के तहत लागू आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए विधायकों के साथ काम कर रहे लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं अमित शाह छत्तीसगढ़ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज अंबिकापुर पहुंचे और बूथ समिति तथा बूथ पालक सम्मेलन में शामिल हए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी इस सम्मलेन में शिरकत की इस दौरान श्री शाह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के अलावा अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया इस सम्मेलन में सरगुजा संभाग के पांच जिलों के चौदह विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया श्री शाह ने आज बिलासपुर में भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मलेन में शामिल हए इसके अलावा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रभारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी की

यह माओवादी मिलिशिया का डिप्टी कमांडर बताया जा रहा है जिसकी पहचान कवासी देवा के रूप में हई है मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान कल शाम जब गश्त से लौट रहे थे तभी चांदमेटा के पास तुलसी डोंगरी में माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई इस मुठभेड़ में मारे गए डिप्टी कमांडर का शव बरामद कर लिया गया है जवानों ने मौके से गोला बारूद भी बरामद किए हैं वहीं इसी जिले के दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर देवरपल्ली गांव के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम ने आईईडी बरामद किया है माओवादियों ने यह आईईडी सुरक्षा बलों को नुकंसान पहुंचाने की नीयत से लगाया था वहीं आंधप्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर मलकानगिरी में हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी भी मारी गई है इसका नाम मीना बताया जा रहा है मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने महिला माओवादी के शव के अलावा हथियार भी बरामद किए हैं इस बीच कांकेर जिले के पखांजूर में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है बीएसपी कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र में मंगलवार को हुए हादसे में तेरह लोगों की मौत की घटना के बाद पुलिस ने संयंत्र के चार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है इनमें बीएसपी के ईडी वकर्स पीके दास कोको ओवन के महाप्रबंधक जीएसवी सुब्रमण्यम सुरक्षा महाप्रबंधक टी पंड्या राजा ऊर्जा उप महाप्रबंधक नवीन कुमार शामिल हैं विस चुनाव दिशा निर्देश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेषभर में विभिन्न जिला स्तरीय निर्वाचन टीमें गठित की गई हैं जिन्हें आदर्ष आचार संहिता के पालन के लिए आवष्यक दिषा निर्देष दिए गए हैं इसी सिलसिले में रायपुर में सभी जिलों के निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए सहायक निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा और पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि प्रत्याषी के चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय लेखा समिति को हर आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही किसी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान भी राजनेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी खर्च की जानकारी रोजाना व्यय लेखा दल को भेजी जाएगी वाहनों की जांच भी नियमित तौर पर की जाएगी साथ ही मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संबंधी सामान्य जानकारियों और नियमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा श्री भट्टाचार्य ने बताया कि प्रचार के दौरान प्रत्याषी को प्रचार वाहनों की अनुमति लेनी होगी जो उसके निर्वाचन खर्च में शामिल की जाएगी स्टार प्रचारक यदि सभा में प्रत्याषी का नाम लेते हैं या प्रत्याषी मंच साझा करते हैं तो आयोजन का सारा खर्च भी प्रत्याषी के खाते में जोड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव मतदान प्रशिक्षण विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान का प्रशिक्षण देने के लिए रायपुर में जिला पंचायत भवन में मतदान केन्द्र शुरू किया गया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट भी लगाई गई है इससे पहली बार ईव्हीएम के द्वारा मतदान करने वालों को सही ढंग से मतदान करने में मदद मिलेगी इस केन्द्र के प्रभारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यहां आकर मतदान करने के बारे में जानकारी ले सकता है मतदान केन्द्र में अपना वोट देने के बाद वोटर वीवीपैट मशीन के माध्यम से यह देख सकता है कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट डाला उसे ही उसका वोट गया या नहीं केन्द्र में मतदान की प्रेरणा देने वाले नारों के फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं संक्षिप्त समाचार कबीरधाम जिले के चिल्फी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से अड़तालीस किलो गांजा जब्त किया गया है जब्त गांजे की कीमत करीब ढाई लाख रूपये बताई जा रही है

कवर्धा में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई